मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि राज्य में आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों के लिये सामुदायिक भोजनालय किये जायें शुरू

सक्रिय मामलों की संख्या घट कर हुई दो लाख बहत्तर हजार पांच सौ अड़सठ कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

लखनऊ में इलाज के लिये भटक रहे कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंसर अस्पताल में बने सौ बेड के कोविड अस्पताल की शुरूआत की मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ स्थित कँसर अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया

अपर मुख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये है कि आशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण कही भी किसी श्रमिक ठेला रेहड़ी व्यवसायी दैनिक मजदूर व अन्य जरूरतमंदों को भोजन की समस्या न हो इसके लिये सामुदायिक भोजनालय शुरू किये जायें कृषि उत्पादन आयक्त द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रयास करने को कहा गया है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां के लिये मानव संसाधन की व्यवस्था कराई जा रही है इसी प्रकार लखनऊ और वाराणसी में डीआरडीओ के सहयोग से सभी सुविधाओं से युक्त नया कोविड अस्पताल भी तैयार किया गया है

श्री सहगल ने बताया कि कोविड संक्रमण से गांवों को सुरक्षित रखने के लिये आज से विशेष कोविड टेस्टिंग अभियान शुरू हो रहा है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये है कि सभी जिलों में एक एक ऑक्सीजन रिफिलर को होम आइसोलेशन के मरीजों को आपूर्ति करने के लिये नामित किया जाये और उन्हें जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन जरूर उपलब्ध कराई जाये

इनके अलावा पश्चिम बंगाल से भी टैंकर से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है

भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये आवंटित ऑक्सीजन कोटा को देखते हुए उसके अधिकतम उठान के प्रयास निरन्तर जारी है

उन्होंने कहा कि ये समय अनावश्यक टिप्पणियां और भ्रम फैलाने वाली सूचनाओं के प्रसार का नहीं बल्कि एकजुट रहने का है मुख्यमंत्री वर्वुअल माध्यम से खिलाड़ियों के साथ संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि खिलाड़ी रोल मॉडल के रूप में प्रोत्साहन का कार्य कर सकते हैं क्रिकेटर सुरेश रैना ने वर्घअल संवाद में कहा कि वैश्विक महानारी कोरोना से बचाव के लिये प्रदेश सरकार समी जरूरी कदम उठा रही है बचाव सतर्कता सावधानी बहुत जरूरी है हॉकी खिलाड़ी अशोक ध्यानचन्द्र ने कहा कि कोविड से लड़ाई में संयमित जीवन शैली का बड़ा महत्व है हम सभी को योग प्रणायाम को दिनचर्या में शामिल करना होगा वहीं जिमनास्ट आशीष कुमार ने कहा कि खेल और योग से जुड़ना समय की आवश्यकता है

परीक्षा इस महीने के अंत में होनी थी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हए ये निर्णय लिया गया है उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि ये आगे की जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें

उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी समी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है

सक्रिय मामलों की संख्या घट कर दो लाख बहत्तर हजार पांच सौ अड़सठ हो गयी है प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से चल रहा है सोमवार को एक दिन में दो लाख आठ हजार पांच सौ अट्ठावन नमूनों की जांच की गयी इनमें से एक लाख अट्ठारह हजार जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयी जिसमें अट्ठारह हजार जांच निजी प्रयोगशालाओं में हयीं अब तक क्ल चार करोड़ अट्ठारह लाख दो सौ तेईस नमूनों की जांच की जा चुकी है

इस चरण में अब तक चार लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं

इस आयु वर्ग के लोग टीके लगवाने के लिए कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं

अब तक क्ल एक करोड़ उन्तीस लाख तेरह हजार पांच सौ उनहत्तर लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इनमें से एक करोड़ चार लाख तिरसठ हजार तैंतीस लोगों को टीके की पहली खुराक और चौबीस लाख पचास हजार पांच सौ छत्तीस लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है